टीका लेने वालों में नहीं दिखा किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव और प्ररा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आज पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों के बीच कोई विवाद नहीं है गौरतलब है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी कल मुख्यमंत्री से इस सिलसिले में मुलाकात की थी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का विधान परिषद उपचुनाव के लिये निर्विरोध निर्वाचन तय है आज नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन की ओर से इन दोनों सीटों के लिये किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र नहीं भरा शाहनवाज हुसैन को भाजपा नेता विनोद नारायण झा द्वारा खाली की गई सीट के लिए मैदान में उतारा गया है वहीं मुकेश सहनी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की खाली सीट के लिए नामांकन पत्र भरा सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिये जबकि विनोद नारायण झा विधानसभा के लिए चुने गए हैं विधान परिषद् से इन दोनों के इस्तीफे के बाद दोनों सीटों के लिये उपचुनाव हो रहे हैं नामांकन के समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और इक्कीस जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वे बिहार के विकास के लिये शुरू से काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे

आज तीस हजार एक सौ स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टीकाकरण केन्द्र में प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने आज कोविड का टीका लगवाया कोविड टीकाकरण के लिये प्रदेश में सप्ताह में चार दिन सोमवार मंगलवार ब्रहस्पतिवार और शनिवार निर्धारित किये गये हैं इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि टीका लेने के बाद किसी भी व्यक्ति में प्रतिकूल असर नहीं दिखा

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आज सबसे अधिक तिरपन मामले पटना जिले से सामने आये हैं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 साथ ही ग्यारह जिले से एक भी पॉजिटिव मामले की पुष्टि नहीं हई है इधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान तीन सौ चौवालीस मरीजों को उपचार के बाद छूट़टी दी गयी जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख तिरपन हजार नौ सौ तेरह हो गयी है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 इधर देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर छियानवे दशमलव पांच नौ प्रतिशत हो गई है अब तक एक करोड़ दो लाख ग्यारह हजार से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं

मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार सर्द पछुआ हवा चलने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच से सात डिग्री सेल्सियस तक नीचे बना हुआ है केन्द्र के वैज्ञानिक रवीन्द्र कुमार ने बताया कि पटना गया रोहतास बक्सर औरंगाबाद सीतामढ़ी मधुबनी गोपालगंज पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण समेत उत्तर दक्षिण और मध्य बिहार के छब्बीस जिलों में अगले दो दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है

दरभंगा में नेशनल स्किल इंस्टीटयूट की स्थापना की जायेगी श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने बताया कि इसके लिये भूमि चिन्हित कर ली गयी है उन्होंने बताया कि इस कोन्द्र में सहशिक्षा का प्रारूप होगा संस्थान में युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप अत्याधूनिक तकनीकों से प्रशिक्षित किया जायेगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर उन्हें राज्य की बिगड़ती विधि व्यवस्था के संबंध में ज्ञापन सौंपा केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया की उन खबरों को खारिज किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने एक बार फिर स्कूल कॉलेजों को बंद करने का आदेश जारी किया है पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने एक टवीट में इस खबर को फर्जी बताते हुए कहा है कि इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है सिखों के दसवें गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराज का तीन सौ चौवनवां प्रकाश पर्व आज से शुरू हो गया है इस अवसर पर आज सुबह पटना साहिब से प्रभात फेरी निकाली गयी आज देर रात तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब में अखंड पाठ शुरू होगा बुधवार को मुख्य समारोह का आयोजन किया जायेगा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

दरभंगा से पूणे के बीच चलने वाली ज्ञान गंगा स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है समस्तीपुर रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक सरस्वती चंद्र ने बताया कि अब यह ट्रेन इकतीस मार्च तक चलेगी शेखप्रा के बरबीघा में आयोजित जोनल जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में नवादा की टीम विजेता बनी है नवादा ने जहानाबाद को पराजित किया विजेता और उप विजेता टीम मशरख में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी भोजपुर जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब और स्प्रिट बरामद कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं सुपौल जिले के नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से एसएसबी टीम ने नौ सौ साठ बोतल नेपाली शराब बरामद की है दूसरी तरफ जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के घोरमो के पास से पुलिस ने एक वाहन से शराब जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है लखीसराय जिले के किऊल थाना क्षेत्र में ऑटोरिक्शा और पिकअप वैन के बीच टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने पांच अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है वहीं गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा से पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे दो अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कूमार ने कहा राज्य मंत्रिमंडल का जल्द होगा विस्तार

टीका लेने वालों में नहीं दिखा किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव और पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में